तिरपन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

प्रदेश के चार लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद गया नवादा और जमुई में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सम्पन्न हो गया तिरपन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक गया में छप्पन प्रतिशत वोटिंग हुई वहीं औरंगाबाद में पचास प्रतिशत नवादा में बावन दशमलव पांच प्रतिशत और जमुई में चौवन प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिये बावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार इन चारों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दो दशमलव सात आठ प्रतिशत अधिक मतदान हुआ है औरंगाबाद को छोड़कर सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि महिला और पहली बार वोट देने वालों में खासा उत्साह देखा गया नक्सल प्रभावित औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ

इस चरण में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी तथा लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इसके अलावा औरंगाबाद से तीन बार सांसद रहे भाजपा के सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी पूर्व विधान पार्षद् उपेंद्र प्रसाद पूर्व विधायक विजय कुमार मांझी और ओबरा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश जैसे दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं पहले चरण का चूनाव सम्पन्न होने के बाद एनडीए और महागठबंधन ने सभी सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा किया है राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा वहीं भाजपा ने भी चारों सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है इस बार चु्नाव में सभी ईवीएम के साथ पहली बार वीवीपैट मशीन का उपयोग किया गया वहीं मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जा रहा है नवादा संसदीय क्षेत्र के घोस्तामा गांव स्थित बूथ संख्या एक सौ उनतालीस पर एक मतदान कर्मी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है वहीं इसी निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या दो सौ सत्तर पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर है द्रसरी तरफ गोविंदपुर विधानसभा के ब्रथ संख्या दो सौ पंद्रह पर उपद्रवी तत्वों ने ईवीएम के कंट्रोल पैनल को क्षतिग्रस्त कर दिया इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है गया जिले के ड्मरिया प्रखंड के अनरबन सलैया गांव स्थित एक मतदान केन्द्र से पुलिस ने आइईडी बम बरामद किया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि बम को निष्क्रिय कर दिया गया वहीं इसी जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के छाकरबंदा से भी एक आईईडी बम बरामद किया गया कल भी इसी गांव से तीन बम बरामद किये गये थे जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बरबीघा प्रखंड के शेखोपूर सराय स्थित महबतपूर गांव में प्रलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गयी भीड़ को तितर बितर करने के लिये पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भागलपूर में जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि वे खूद को देश का चौकीदार मानते हैं जो हमेशा संविधान और देश की रक्षा के लिये संकल्पित है श्री मोदी ने पार्टी के घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि यदि एनडीए सरकार एक बार फिर चुनी जाती है तो छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ छोटे व्यापारियों के लिये पेंशन योजना लागू की जायेगी उन्होंने कहा कि जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी व्यापारियों का दस लाख रूपये का दुर्घटना बीमा भी कराया जायेगा सभा को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भी संबोधित किया इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीतामढ़ी में पार्टी प्रत्याशी अर्जुन राय और कटिहार में महागठबंधन उम्मीदवार कांग्रेस के तारिक अनवर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से गुमराह नहीं होने की अपील की उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने जो भी वायदे किये थे उसमें से एक भी प्रे नहीं किये गये सभा को रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने भी संबोधित किया जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पूर्णिया के श्रीनगर में आयोजित चुनावी रैली में संतोष कुमार कुशवाहा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मध्रबनी में पार्टी उम्मीदवार अशोक कुमार यादव के पक्ष में चूनाव प्रचार किया इधर बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने रशिदपुर चकलीदार चक्का और राजापुर समेत कई गांवों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से आज एनडीए की ओर से जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू और महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार अर्जुन राय ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया मधुबनी से एनडीए से भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार यादव ने अपना नामांकन पत्र भरा इन संसदीय क्षेत्रों में पांचवे चरण के तहत छह मई को मतदान कराया जायेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में लगातार चलाये जा रहे वाहन जांच और छापेमारी अभियान में पौने पांच करोड़ रूपये से अधिक की नकदी जब्त की गयी है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न जिलों में बत्तीस लाख चौदह हजार रूपये से अधिक की नेपाली करेंसी जब्त की गयी है आचार संहिता लागू होने के बाद तीन करोड़ तैंतालीस लाख लीटर से अधिक शराब भी पकड़ी गयी है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गयी है इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने के आसार हैं

पूर्णिया लोकसभा में इस बार सोलह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला सत्रह लाख चौंसठ हजार से अधिक मतदाता करेंगे मुख्य मुकाबला एनडीए गठबंधन की ओर से जदयू के निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा और यूपीए से कांग्रेस प्रत्याशी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के बीच है शोमा सोरेन एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं पूर्व से पश्चिम तक महानंदा और कोसी नदी सहित कई सहायक नदियों से घिरे इस ससंदीय क्षेत्र में आज भी बुनियादी सुविधाओं खासकर सड़क और पीने योग्य पानी स्वास्थ्य सेवा रोजगार की भारी कमी है माधुरी सिंह मोहम्मद तस्लीमउद्दीनपप्पू यादव उदय सिंह जैसे सियासी दिग्गज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन सूर्योपासना के चार दिवसीय महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रत सम्पन्न हो जायेगा

तिरपन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया